महिलाओं में भोपाल की सृष्टि देशमुख ने देश में टॉप किया

देवी की भक्ति का पर्व चैत्रनवरात्र भी शुरू

निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार में रक्षा बलों की गतिविधियों के उल्लेख के खिलाफ फिर आगाह किया है आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को लोकसभा चनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन संबंधी परामर्श जारी किया है आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रचार जाति और सांप्रदायिक भावना के आधार पर नहीं होना चाहिए मतभेद या नफरत को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों से बचना चाहिए परामर्श में निर्वाचन आयोग ने कहा कि भाषणों या पोस्टरों में मंदिर मस्जिद गिरजाघर ग्रूद्वारा और किसी भी उपासना स्थल का इस्तेमाल चूनाव प्रचार के लिए नहीं होना चाहिए आचार संहिता उल्लंघन निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस की न्यूनतम आय गारन्टी योजना को लेकर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कमार की टिप्पणियों पर अप्रसन्नता व्यक्त की है निर्वाचन आयोग ने आदेश में श्री कमार की टिप्पणियों को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है आदेश में यह भी आशा की गई है कि भविष्य में श्री कुमार संयम रखेंगे श्री कुमार ने कांग्रेस की इस योजना के वायदे को वोट बैंक की राजनीति बताते हुए कहा था कि इससे देश की अर्थ व्यरवस्था लड़खडा जाएगी निर्वाचन आयोग ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के तहत सभी सरकारी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करें आयोग ने यह भी कहा कि न केवल सरकारी अधिकारियों को निष्पध्क्ष होना चाहिए बल्कि उन्हें सार्वजनिक तौर पर ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए नोडल अधिकारी बैठक भोपाल में कल नोडल अधिकारियों की बैठक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में पुलिस विभाग के नोडल अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक अनंत कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस की सभी टीमें कार्यरत हैं

छिन्दवाड़ा जिले में लोकसभा के साथ विधानसभा उप चुनाव होने के चलते निर्धारित से अधिक पुलिस टीमें लगायी गयी हैं

शहडोल अनूपपुर लोकसभा क्षेत्र के लिये कल तीन नामांकन दाखिल किये गये कांग्रेस प्रत्याशी प्रमिला सिंह निर्दलीय प्रत्याषी मन्ना सिंह और सीपीआई से केशकली कोल ने अपना नामांकन दाखिल किया

विशेष समाचार बुलेटिन आकाशवाणी भोपाल अपने श्रोताओं तक लोकसभा चुनाव से संबंधित खबरों को तुरन्त पहुंचाने के लिये विशेष चुनाव बुलेटिनों का प्रसारण कर रहा है

साथ ही लोकसभा चुनाव के विभिन्न पहलुओं की बारीकी से पड़ताल के लिये प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल आपका वोट आपकी सरकार नामक कार्यक्रम के जरिए परिचर्चा लाइव प्रसारण और विषय विशेषज्ञों से बातचीत कर सम्यक विश्लेषण भी प्रसारित करेगा

आईआईटी बम्बई के बी टेक स्नातक कनिष्क कटारिया ने परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है अक्षत जैन दूसरे जबकि जुनैद अहमद तीसरे स्थान पर रहे भोपाल की केमिकल इंजीनियर सुष्टि जयंत देशमुख महिला उम्मीदवारों में पहले स्थान पर हैं और वरिष्ठता सूची में उनका पाँचवां स्थान है मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिजनों और मित्रों को दिया खरगोन की गरिमा अग्रवाल का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए हआ है उन्होंने यूपीएससी में अखिल भारतीय स्तर पर चालीस वीं रैंक हासिल की है खरगोन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि परिणाम आने के बाद गरिमा के घरवालों के साथ ही शहर के लोग भी काफी ख्रश है ग्डी पडवा प्रदेश में आज शक्ति की आराधरा का पर्व चैत्रनवरात्र श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है सभी देवी मंदिरों में सुबह से ही दर्शनों के लिये श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है वहीं पवित्र नदियों के घांट पर लोगों ने स्नान और पूजा अर्चना की आज से भारतीय नववर्ष शुरू हुआ है राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है अपने संदेश में श्री कोविन्द ने कहा कि ये त्यौहार नए वर्ष गर्मी की शुरूआत खुशहाली और संपन्नंता के प्रतीक है उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन त्यौहारों से सभी के जीवन में खुशहाली और संपन्नता आएगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी गुड़ी पड़वा और चेटीचांद पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं सतना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के मैहर स्थित मॉ शारदा के मंदिर में सुबह से ही श्रद्वालुओं के पहुॅचने का सिलसिला जारी है

जिले में नववर्ष अभिनंदन के भी कई जगह कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं आईपीएल आईपीएल में कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने मेजबान रॉयल चेलेजर्स बैंगलोर को पांच विकेट से हरा दिया

कोलकाता की टीम ने अब तक खेले गए मैच में चार में से तीन जीत लिए हैं जबकि बैंगलोर की टीम को लगातार पांच मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला किंग्स इर्लेवन पंजाब से चेन्नई में शाम चार बजे से जबकि सनराइजर्स हैदराबाद का मुंबई इंडियन्स का सामना हैदराबाद में रात आठ बजे से होगा मौसम राजधानी भोपाल के मौसम का मिजाज कल बार बार बदला

दोपहर में बादल छाए तो वही शाम को धूलभरी आंधी चली और इसके बाद हल्की ब्रंदाबांदी हुई अंधड से शहर के कई इलाकों में पेड गिर गये इससे क्षेत्रों में बिजली गुल हो गई ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा

मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो आज भी बादल छाने धूलभरी आंधी चलने के साथ साथ हल्की ब्रंदाबांदी के आसार हैं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि उत्तरी पश्चिम मध्यप्रदेश के ऊपर एक चक्रवात बना हुआ है इसके अलावा पूर्वी राजस्थान से उत्तर पश्चिमी मध्यप्रदेश तक एक द्रोणिका बनी हुई है इस कारण आसमान में बादल छाए हैं यही वजह है कि राजधानी समेत आस पास के इलाकों में बूंदाबांदी की स्थिति भी बन रही है